उन्होंने तेजू एयरपोर्ट के लिए प्रस्तावित चार लेन की सड़क के संबंद्ध में वन और पर्यावरण मंजूरी सहित विभिन्न औपचारिकताओं का भी जायजा लिया मुख्य सचिव ने एयरपोर्ट अथारिटी के नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत योगदान के बारे में राज्य सरकार को जानकारी देने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिज् ने कहा है कि लोगों में जागरुकता बढ़ाकर और पूर्व चेतावनी देने की आधुनिक प्रणाली के जरिये प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की आधी लड़ाई जीत ली जाएगी नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्थापना दिवस पर श्री रिजिजू ने कहा कि मानव गतिविधियों से पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है और जलवायु परिवर्तन तथा आपदाओं से निपटने की चुनौतिया बढ़ी हैं उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय आपदा खतरों को कम करने में भारत की अनदेखी कर सकता क्योंकि वह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक योजनाओं पर काम कर रहा है राज्य के मानमाओ में जिला प्रशासन द्वारा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया विधायक लाइसम सिमाई ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए आसपास के तेईस गांव के लोगों को इस कार्यक्रम के लाभ बारे में जानकारी दी उन्होंने कहा केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से लोगों तक पहुंचाने के लिए यह सरकारी की एक पहल है भारतीय सैन्य बलों में कार्यरत अधिकारियों के समूह पे बैक टू सोसायटी राज्य के विभिन्न भागों के दौरे पर है उन्नका उद्देश्य स्कूलों और महाविद्यालयों के छात्रों को राष्ट्रीयता सकारात्मक सोच और जीवन में लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना है कल इस समूहों में पासीघाट में छात्रों के बीच अपना अनुभव शेयर किया और उन्हें सैन्य बलों में भर्ती होने के लिए उत्साहित किया पासीघाट आऊट डोर स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब तीन हजार छात्रों मौज़ट शे इधर वेस्ट सियांग जिला मुख्यालय आलो में मेजर जनरल जारकर गामलिन भारतीय नौ सेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रिगे बागरा और मेजर न्याजूम रिदा जिलेन ने स्कूलों और महा विद्यालयों के छात्र छात्राओं को भारतीय सैन्य बलों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी दी उन्होंने अपने शुरुआती दौर के संघर्ष और उपलब्धियों के बारे में भी छात्रों को अवगत कराया पे बैक टू सोसायटी ग्रुप के अधिकारियों ने सैन्य बलों में अधिकारी के रुप में भर्ती होने आवश्यक योग्यता और चयन प्रक्रिया के बारे में उन्हें जानकारी दी

पहला अरुणाचल साहित्य समारोह अटठाईस से तीस नवंबर तक ईटानगर के दोरजी खांडू सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया जायेगा राज्य का सूचना और जनसंपर्क विभाग इस साहित्योसव का आयोजन कर रहा है विभाग के निदेशक ओबांग तायेंग ने बताया है कि साहित्य उत्सव में देशभर से जाने माने लेखक और कवि हिस्सा लेंगे श्री तायेंग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में मौखिक साहित्य की समृद्ध परपंरा रही है लेकिन विभिन्न कारणों से लिखित साहित्य का विकास नहीं हो पाया है और यह अब भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है उन्होंने कहा कि इस प्रष्ठभूमि में आयोजित किये जा रहे पहले साहित्य समारोह के दौरान लिपि मौखिक परंपरा के साहित्य में जीवन मूल्य कविता पाठ भाषा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के साहित्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी राज्य के संगीतकार सिदा बेनोर का आज नाहरलगुन के तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान में निधन हो गया कामले जिले के रागा में जन्मे सिदा बेनोर ने अपने चालीस वर्ष के कैरियर में अनगिनत लोकगीत और लोक संगीत में योगदान दिया किंग ऑफ मेलॉडिज के नाम से विख्यात सिदा बेनोर को राज्य प्रस्कार के तहत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था न्यीशी आर्ट एण्ड कल्चर वेलफेयर सोसायटी ने उनके असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे राज्य के लिए अप्ररणीय क्षति बताया है तवांग में कल से शुरु हो रहे मैत्री दिवस के तहत तवांग ब्रिगेड जिला प्रशासन और एक गैर सरकारी संगठन यूवा अरुणाचल ने संयूक्त रुप से तवांव बौद्ध मठ से वार मेमोरियल तक एक मिनी मैराथन का आयोजन किया इसका उद्घाटन भारतीय सेना तवांग गेरिसन के कमांडर ब्रिगेडियर जूबिन भटनागर और स्थानीय विधायक सेरिंग तासिंग ने किया है इस प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के करीब चार सौ प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है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 आज का अधिकतम तापमान तीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेरह दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया